अपने संबोधन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में हिमाचल ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं और इसका श्रेय यहां की मेहनतकश जनता को जाता है उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में हुए विकास का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में पहले मुख्यमंत्री वाई एस परमार सहित शांताकुमार प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का योगदान रहा है नड्डा ने कहा कि विकास के मामले में हिमाचल आज देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं और लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान रहा है

शिमला में राज्य स्तरीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऊंचाईयों तक पहुंचाने में पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार और प्रेम कुमार धूमल का योगदान भी सराहनीय रहा है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के अथक प्रयासों और सकारात्मक सोच से मिला है

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अनेक गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे